राज्य स्तर पर आयोजित हो रहा यह अपनी तरह का पहला कार्यक्रम है ग्राम्या परियोजना के अन्तर्गत एक मुख्य घटक पर्वतीय जनपदों में कृषि व्यवसाय सुदृढ़ीकरण से सम्बन्धित है इस घटक के तहत किसानों को संगठित कर इच्छुक कृषक समूह और कृषक संघों का गठन किया गया है

मतगणना तैयारी पिथौरागढ़ जिला प्रशासन ने कल होने वाली मतगणना की सभी तैयारियां पूरी कर ली है विधानसभा उपच्नाव की मतगणना के लिए मतगणना स्थल पर सुरक्षा के पूख्ता इंतजाम किये गये हैं एसएसबी पीएसी और पुलिस के जवानों को सुरक्षा के लिए तैनात किया गया है

जिला निर्वाचन अधिकारी विजय कमार जोगदण्डे ने तैयारियों का जायजा लिया और अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए

उप चुनाव में भाजपा ने स्वर्गीय प्रकाश पन्त जी की पत्नी चन्द्रा पन्त को मैदान में उतारा था तो वहीं कांग्रेस ने अंजू लुंठी को अपना प्रत्याशी बनाया था ऑनलाइन पंजीकरण पांच सैनिक स्कूलों में अगले शैक्षणिक सत्र में लड़कियों के लिए कक्षा छह से प्रवेश के लिए ऑनलाइन पंजीकरण खुल गया है ये स्कूल कर्नाटक के बीजापुर महाराष्ट्र के चंद्रपुर उत्तराखंड में घोड़ाखाल आंध्र प्रदेश में में के कलिकिरी और कर्नाटक में कोडागु में ह हैं

अक्टूबर में रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने सैनिक स्कूलों में बालिकाओं के प्रवेश के प्रस्ताव को मंजूरी दी थी ई शक्ति प्रोजेक्ट चमोली जिले में स्वयं सहायता समूहों में बेहतर लेखा जोखा रखने के लिए राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक यानि नाबार्ड ने ईशक्ति प्रोजेक्ट लॉन्च किया है देहरादून आफिस से कंसलटेंट जीएस चौधरी और नाबार्ड के जिला विकास प्रबंधक अभिनव कापड़ी ने यहां आयोजित कार्यशाला में बैंकर्स स्वयं सेवी संगठनों और स्वयं सहायता समूहों को ई शक्ति प्रोजेक्ट के बारे में जानकारी दी

इस प्रोजेक्ट से बैंकों के पास समूहों के ऋण आवेदन खुद ब खुद पहुंच जाएंगे जिससे समूहों को असुविधा का सामना नहीं करना पड़ेगा इसके अलावा बैंक शाखा मैनेजरों को भी स्वयं सहायता समूहों की निगरानी के लिए आईडी दी जाएगी निरीक्षण अल्मोड़ा स्वस्थ भारत स्वच्छ भारत अभियान के तहत संचालित कायाकल्प योजना की टीम ने अल्मोड़ा के जिला अस्पताल का निरीक्षण किया टीम ने मरीजों और तीमारदारों से अस्पताल से मिलने वाली सुविधाओं के बारे में जानकारी ली साथ ही अस्पताल की व्यवस्थाओं को भी देखा टीम ने अस्पताल के एंट्री गेट इमरजेंसी लैब प्रशासनिक ब्लाक शौचालय ओपीडी कक्ष अस्पताल परिसर धुलाई रसोई घर के साथ ही वाडों का निरीक्षण किया

मेला क्षेत्र में संवेदनशील क्षेत्रों पर अवैध रूप से कोई ड्रोन ना उड़ सके इसके लिए ड्रोन जैमर का प्रयोग किया जाएगा आज मेला अधिकारी दीपक रावत की मौजूदगी में एंटी ड्रोन जोन में काम आने वाले ड्रोन जैमर का डेमोंसट्रेशन किया गया इस दौरान दूसरे स्थान से ड्रोन को उड़ा कर उसे डिटेक्ट किया गया मेला अधिकारी ने बताया कि सुरक्षा के मद्देनजर हर तरह की तकनीक का उपयोग कुंभ मेले के दौरान किया जाएगा मेले में स्नान घाट सहित अन्य संवेदनशील क्षेत्रों के आसपास कोई ड्रोन उड़ाकर नुकसान ना पहुंचा सके इसके लिए ड्रोन जैमर लगाए जाएंगे

चंपावत की टीम ने प्रतियोगिता अपने नाम की इस मौके पर उपस्थित लोगों को फिट इंडिया मूवमेंट की जानकारी दी गई

मौसम राज्य के ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी और मैदानी हिस्सों में ब्रंदाबांदी से राज्य में ठण्ड का प्रकोप बढ़ गया है चमोली उत्तरकाशी रुद्रप्रयाग और पिथौरागढ़ समेत विभिन्न पर्वतीय जिलों की ऊंची पहाड़ियों पर लगातार हो रही बर्फबारी से आम जन जीवन प्रभावित हो गया है प्रदेश के ऊंचाई वाले इलाकों में कई गांवों के सम्पर्क मार्ग बाधित हो गए हैं संचार व्यवस्था पर भी विपरीत असर पड़ा है गढ़वाल मंडल के चारों धाम बदरीनाथ केदारनाथ गंगोत्री और यमुनोत्री में पहाड़ियां बर्फ से लकदक हो गई हैं

वहीं हेमकुंड साहिब फूलों की घाटी रूपकुंड रुद्रनाथ बेदनी बुग्याल और ऑली सहित चमोली जिले के अन्य ऊंचाई वाले इलाकों मे बर्फबारी होने और निचले इलाकों मे हल्की बारिश से तापमान में गिरावट आई है उधर कुमाऊं मंडल के ऊंचाई वाले पर्वतीय अंचल में बर्फबारी की खबर है साइकिल रैली अखिल भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के तत्वाधान में साइकिल रैली अभियान के तहत देहरादून में जौलीग्रांट हवाई अड्डे पर आज उत्तराखण्ड विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल ने देहरादून से पंतनगर के लिए साइकिल रैली को हरी इंडी दिखाकर रवाना किया प्लास्टिक को प्रतिबंधित करने और स्वच्छता के प्रति जागरूक करने के लिए पांच चरणों में साइकिल रैली का आयोजन किया जा रहा है पहले चरण में साइकिल रैली आज दिल्ली से देहरादून पहुंची और दूसरे चरण में देहरादून से पंतनगर के लिए रवाना की गई आपको बता दें कि साइकिल रैली अभियान दिल्ली देहरादून पंतनगर आगरा और जयपुर होते हुए दिल्ली में समाप्त होगी

फुलों की खेती पहाड़ों से पलायन की समस्या के बीच कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने अपने गांव में ही रहकर कामयाबी की राह तलाशी है चम्पावत जिले का देवीध्रा क्षेत फूलों की खेती के लिए चर्चित होने लगा है

वालिक देविध्रा ढरौंज में पॉलीहाउस में गोपाल दत्त जोशी राजीव कुमार गोकुलानंद जीवानंद जोशी सहित अन्य किसान पॉली हाउस में लिलियम की खेती कर अच्छी आय अर्जित कर रहे हैं यहां के लिलियम के फूल दिल्ली की गाजीपुर मंडी में बिक रहे हैं प्रगतिशील किसान गोपाल दत्त जोशी बताते है पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्हें रोजगार के लिए गांव में बंजर पड़ी जमीन में कुछ करने की सूझी उन्होंने उद्यान विभाग के सहयोग से इन खेतों में पॉलीहाउस का निर्माण कर फूलों की खेती शुरू कर दी उनके साथ कुछ अन्य किसान भी जुड़े वर्तमान में इन सभी किसानों को अच्छी आमदनी हो रही है

हॉलैंड से इसके बल्ब को मंगाया जाता है जिला उद्यान अधिकारी के मुताबिक लिलियम की खेती के लिए पॉलीहाउस लगाने के लिए विभाग की और से अनुदान मिल रहा है

बग्वाल बागेश्वर टिहरी बागेश्वर जिले में कपकोट ब्लॉक के कई गांवों में गड़िया बग्वाल मनाई जा रही है जिसे गड़िया परिवार के लोग पूरे हर्षोल्लाष के साथ मनाते हैं इस त्योहार में परिवार के सभी लोग एकत्रित होकर सामूहिक भोज करते हैं स्थानीय लोग इस पर्व को श्गड़िया बग्वालश के नाम से जानते हैं इस पर्व पर अपने ईष्ट देवों की पूजा अर्चना कर पितरों को पूजा जाता है परंपरा के अनुसार गड़िया बग्वाल में लोग अपने पशुओं को नहलाकर सींगों पर सरसों का तेल लगाकर जौ के पिंड खिलाते हैं बेटी को ससुराल से मायके में आमंत्रित किया जाता है टिहरी जिले के बूढ़ा केदार कैला पीर में भी बग्वाल मेला धूमधाम से मनाया गया तीन दिवसीय चलने वाले इस मेले में देर रात तक ढोल नगाड़ों की थाप पर लोग नाचते रहे